प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आत्मनिर्भर अभियान एक ऐसा भारत बनाने का तरीका है जो न केवल अपनी जरूरतों के लिए बल्कि दुनिया के लिए भी उत्पादन करता है श्री मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की छठी बैठक की अध्यक्षता करते हुए अपने संबोधन में कहा कि विकास हमारा प्रमुख एजेंडा है देश ने तेज गति से आगे बढ़ने और समय बर्बाद नहीं करने का मन बनाया है युवाओं ने इस परिवर्तन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है श्री मोदी ने कहा भारत का निजी क्षेत्र भी ऊर्जा के साथ आगे आ रहा है प्रधान मंत्री ने कहा भारतनेट योजना भी गांवों को इंटरनेट से जोड़ने के लिए एक प्रमुख परिवर्तन सुविधा बन गई है प्रधान मंत्री ने कहा कि ग्रामीण और शहरी भारत में चौबीस करोड़ से अधिक घर बनाए गए हैं अब छह राज्यों में आधुनिक तकनीक से मकान बनाए जा रहे हैं जल जीवन मिशन के माध्यम से अबतक पैंतीस करोड़ से अधिक ग्रामीण परिवारों को पाइप कनेक्शन के साथ जोड़ा गया है विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन ने आज पासपोर्ट संबंधी सेवाओं में डिजी लॉकर के इस्तेमाल की एक नई योजना आरंभ की इसमें आवेदक भारत में कहीं से भी पासपोर्ट संबंधी सेवाओं के आवेदन में सरकार के डिजी लॉकर प्लेटफॉर्म का लाभ उठा सकते हैं इस नई योजना से पासपोर्ट के लिए आवेदन करने वाले डिजी लॉकर में अपलोड किए गए अपने दस्तावेजों का लिंक प्रदान कर सकते हैं इससे वे डिजी लॉकर माध्यम से पासपोर्ट सेवाओं के लिए आवश्यक दस्तावेज कागज रहित रूप में जमा करा सकेंगे राज्य सरकार ने अगले वित्तीय वर्ष में मनरेगा के तहत ग्यारह करोड़ मानव दिवस सुजित करने का लक्ष्य निर्धारित किया है मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने कल झारखंड राज्य रोजगार गारंटी परिषद की बैठक में कहा कि मनरेगा के तहत रोजगार सुजन के लिए चलाई जा रही योजनाओं का बेहतर तरीके से क्रियान्वयन हो उन्होंने ग्रामीण इलाकों में माइक्रो नर्सरी खोलने खेतों की मेढ़बंदी और योजनाओं की मॉनिटरिंग के लिए सिंगल मैनेजमेंट सिस्टम बनाने को कहा राज्य में पंद्रहवे वित्त आयोग की राशि से संचालित होनेवाली योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन के लिए एक हजार तीन सौ पंचानवे पदों पर अनुबंध के आधार पर नियुक्ति की जाएगी इनमें पांच सौ छब्बीस कनीय अभियंता और आठ सौ उनहत्तर कंप्यूटर ऑपरेटर के पद हैं राज्य पंचायती राज विभाग ने इस बाबत तैयारियां शुरू कर दी है

पहला चरण का टीका लगवाने वालों में एक लाख इक्यावन हजार सात सौ एक हेत्थ वर्कर्स और एक लाख इक्कीस हजार पांच सौ तैंतीस फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं वहीं कल एक हजार दो सौ तिरान्बे हेल्थवर्कर्स और पांच हजार छह सौ इक्यावन फ्रंटलाइन वर्कर्स को पहले चरण का टीका दिया गया जबकि दूसरे चरण का टीका लेने वाले कुल एक हजार सात सौ दो हेल्थवर्कर्स हैं

उन्होंने विश्व के अन्य देशों से इस महामारी को समाप्त करने की दिशा में सभी आवश्यक सहयोग करने के लिए भी भारत की प्रशंसा की है

खाद्य आपूर्ति विभाग ने पूरे राज्य में जन वितरण प्रणाली में वितरित की जाने वाली केरोसिन में मिलावट की जांच कराने का निर्णय लिया है विभाग के अपर मुख्य सचिव अरुण कुमार ने सभी जिलों के उपायुक्तों को इस संबंध में आवश्यक निर्देश दिए हैं तेल कंपनियों को जांच में सहयोग करने को कहा गया है गौरतलब है कि हजारीबाग जिले में जन वितरण की किरोसिन में विस्फोट की घटना के बाद विभाग ने यह कदम उठाया है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन द्वारा इस घटना के बाद जब किरोसिन की जांच कराई गई तो उसमें मिलावट की बात सामने आई साहेबगंज जिले में मल्टीमॉडल बंदरगाह के पास लॉजिस्टिक पार्क का निर्माण किया जाएगा जिले के उपायुक्त और भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकार के उपनिदेशक ने मल्टीमॉडल बंदरगाह का निरीक्षण किया उपायुक्त ने बताया कि लॉजिस्टिक पार्क के लिए जमीन का अधिग्रहण जल्द कर लिया जाएगा इधर रेलवे स्टेशन के पूर्वी फाटक के पास रेल ओवरब्रिज निर्माण को लेकर अधिकारियों ने स्थल निरीक्षण किया राज्य के सभी विश्वविद्यालयों महाविद्यालयों और उच्च शिक्षण संस्थानों में कल मातृभाषा दिवस मनाया जाएग विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी ने विश्वविद्यालयों और शिक्षण संस्थानों को इस संबंध में आवश्यक निर्देश दे दिए हैं मातुभाषा दिवस को लेकर वाद विवाद निबंधन लेखन चित्रकला संगीत नाट्य मंचन गायन और एलोक्यूशन जैसी प्रतियोगिताओं का आयोजन और प्रदर्शनी लगाई जाएगी झारखंड एकेडमिक काउंसिल की चार मई से होनेवाली बोर्ड और इंटरमीडिएट परीक्षा में कोरोना प्रोटोकॉल का पूरा पालन किया जाएगा इस सिलसिले में दक्षिणी छोटानागपुर के शिक्षा उपनिदेशक ने विद्यालयों के प्रधानाचार्यों के साथ बैठक कर परीक्षा की तैयारियों को लेकर आवश्यक निर्देश दिए उन्होंने बताया कि पिछले साल की तुलना में दोगुना परीक्षा केंद्र बनाए जाएंगे सभी परीक्षा केंद्रों के हर कमरे में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे

उपायुक्त ने बताया कि एमओयू के तहत शिक्षण कौशल और प्रबंधन और गुणवत्तायुक्त शिक्षा की दिशा में विशेष कार्य किया जाएगा इसके तहत इन विद्यालयों की छह हजार छात्राओं के लिए कार्यशाला प्रशिक्षण और मासिक बैठक के साथ विभिन्न कार्यक्रमों और गतिविधियों का आयोजन किया जाएगा पलामू जिले में टाईगर रिजर्व प्रबंधन द्वारा इकोटूरिज्म के तहत तेरह पर्यटक स्थल विकसित किए जाएंगे

अठाइस फरवरी और एक मार्च को गोरखपुर हटिया स्पेशल ट्रेन का परिचालन स्थगित रहेगा जबकि रक्सौल हैदराबाद स्पेशल ट्रेन का परिचालन बरौनी स्टेशन तक होगा उत्तराखंड के चमोली में ग्लेशियर फटने से हए हादसे में झारखंड के लापता तेरह मजदूरों का अबतक पता नहीं चल सका है राज्य श्रम विभाग द्वारा लापता मजदूरों के परिजनों से संपर्क साधा जा रहा है इसके लिए कंट्रोल रुम के माध्यम से विस्तृत जानकारी ली जा रही है इस पोर्टल में राज्य के तैंतालीस मजदूरों के लापता होने की सूचना मिली थी जिनमें से उनतीस मजदूर के सुरक्षित और एक का शव बरामद होने की जानकारी मिली है बोकारो जिले के रहने वाले राजीव कुमार का चयन भारतीय सीनियर बास्केटबॉल टीम में हुआ है बहरीन में आयोजित होनेवाले फीफा एशिया चौंपियनशीप में वे टीम का प्रतिनिधित्व करेंगे

संक्षिप्त खबरें रांची नगर निगम और झारखंड चैंबर द्वारा आज ट्रेड लाइसेंस के लिए रांची थोक वस्त्र विक्रेता संघ के मैकी रोड स्थित कार्यालय और कोकर में शिविर लगाया गया है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन में अप्रेंटिस के तीन सौ छियालीस पदों के लिए सात मार्च तक ऑनलाइन आवेदन भरे जा सकेंगे

झारखंड राज्य अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ अपनी मांगों को लेकर मुख्यमंत्री आवास के पास अठाइस फरवरी को प्रदर्शन करेंगे